मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल शाम मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी दी

श्री गहलोत ने कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को सुनियोजित ढंग से शुरू किए जाने के प्रयास किए हैं जिसके चलते उम्मीद से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने काम शुरू कर दिया है

इस टीम ने कल जिला प्रशासन नगर निगम कृषि पशुपालन उद्योग खाद्य आपूर्ति और अन्य विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की केन्द्रीय दल ने बैठक के बाद क्वारेंटीन सेंटर्स श्रमिक शरणार्थी शिविर और सवाईमानसिंह अस्पताल का दौरा भी किया बाद में एक बैठक में जिला कलक्टर डॉजोगाराम ने केन्द्रीय दल को एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा कोरोना का पहला मरीज मिलने से अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी दी इसके बाद दल ने अजमेर रोड स्थित मनिपाल विश्वविद्यालय और ज्योति विद्यापीठ में बनाए गए क्वारेंटीन सेंटर का निरीक्षण भी किया

इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है वे इस अवसर पर एकीकृत ई ग्रामराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे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

योजना में गांवों में आबाद भमि का सीमांकन नवीनतम सर्वेक्षण विधियों द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से किया जाएगा इस अवसर पर सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए पंचायतों को प्रोत्साहन देने के वास्ते देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों को प्रस्कृत किया जाता है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं

विभाग की ओर से बताया गया है कि आज झुन्झुन् सीकर भीलवाड़ा चित्तौडगढ़ बूंदी जयपुर कोटा दौसा सवाईमाघोपुर भरतपुर धौलपुर करौली नागौर तथा जोधपुर में कहीं कहीं आंधी और हल्की बारिश हो सकती है